और समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा

प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल चार हजार तीन सौ पैंतालीस शिक्षकों को बर्खास्त किया जायेगा निगरानी ब्यूरो की जांच में इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये गये हैं प्रमाण पत्रों का अंतिम सत्यापन कराने के बाद इन शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जायेगी उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश के बाद निगरानी ब्यूरो ने शिक्षकों की प्रमाण पत्रों और नियुक्ति की जांच शुरू की पटना उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट प्रशासन से तेईस सितम्बर तक पटना सिविल कोर्ट रिश्वत मामले में की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वतखोरी दिखाये जाने के बाद भी दोषी कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के मामले पर सुनवाई करते हये न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया इस संबंध में दायर लोकहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन की घटना को पूरे देश ने देखा लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं हई है ये कर्मचारी अभी भी पहले की तरह कोर्ट में काम कर रहे हैं उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने इसी मामले की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था लेकिन हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने उनके आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुये रद्द कर दिया था एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा के पैर्टन में बदलाव किया गया है अब यह परीक्षा तीन सौ साठ आंकों की जगह तीन सौ अंकों की होगी नये पैर्टन के अनुसार अब नब्बे की बजाय सिर्फ पचहत्तर प्रश्न ही पूछे जायेंगे यह सवाल भौतिकी रसायनशास्त्र और गणित तीनों विषयों से मिलाकर होंगे सभी विषयों से बीस अंकों के वैकल्पिक सवाल पूछे जायेंगे राज्य सरकार प्रदेश के अलग अलग विभागों में विभिन्न श्रेणी के एक हजार आठ सौ उनासी पदों पर जल्द ही बहाली करेगी राज्य मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग में होने वाली इन नियुक्तियों की स्वीकृति दे दी है साथ ही राजधानी पटना के आईजीआईएमएस में कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए लगभग अठहत्तर करोड़ रुपये के अनुदान की राशि निर्गत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी गोपालगंज जिले में ठेकेदार रामाशंकर सिंह की जलाकर हत्या किए जाने के मामले में निलंबित और फरार जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के घर पूलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गोपालगंज के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के पटना स्थित विभिन्न ठिकानों पर कुर्की की गयी श्री सिंह ने बताया कि अभियंताओं के गोपालगंज के गंडक कॉलोनी स्थित सरकारी आवास के अलावा रोहतास जिले के नासरीगंज कैमूर जिले के मोहनिया नालंदा और पटना में एक साथ पुलिस की कार्रवाई की गयी प्रदेश में दो सौ पचास मेगावाट के दस सौर बिजली घर लगाये जायेंगे निजी क्षेत्र के सहयोग से बनने वाले इन बिजली घरों के निर्माण पर पन्द्रह सौ करोड रूपये खर्च होने का अनुमान है राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद इस योजना पर अमल की तैयारी शुरू हो गयी है पहली बार राज्य में इतने व्यापक स्तर पर बिजली घर लगाने की योजना पर काम शुरू किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के लाभार्थी जल्द ही ई पेमेंट प्रणाली के जरिए बिना किसी कठिनाई के अपना भूगतान प्राप्त करने लगेंगे भारतीय स्टेट बैंक ईएसआईसी के लाभार्थी को अब सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान करेगा इस आशय के समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में ईएसआईसी और एसबीआई के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए इससे लाभार्थियों को तुरंत भूगतान मिल जाएगा तथा किसी तरह की गडबडी की संभावना भी कम रहेगी समस्तीपूर खगड़िया रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है नौ सितम्बर से इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा पहले चरण में समस्तीपूर से सहरसा के बीच चलने वाली चार जोड़ी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पर रवाना किया जायेगा सबसे पहले समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी विद्युत इंजन के साथ चलायी जायेगी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य के सभी थानें कब तक कम्प्युटरीकृत हो जाएंगे न्यायमुर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमुर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ओम प्रकाश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हये राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बिहार से दूर होने के कारण राज्य में फिलहाल वर्षा की सम्भावना नहीं है हालांकि लोकल सिस्टम के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या ब्रंदाबांदी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार सात सितम्बर तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत नहीं है इसीलिए राज्य में उमस भरी गर्मी जारी रहने की सम्भावना है पटना और आरा के बीच स्थित कोइलवर पूल को मरम्मत कार्य के कारण आठ सितम्बर और पन्द्रह सितम्बर को बंद रखा जायेगा दानाप्र के एसडीओ अंशुल कुमार ने बताया कि इन तिथियों पर कोइलवर पुल के दोनों लेन एक साथ बंद करने की मंजूरी मिल गयी है उन्होंने बताया कि सात सितम्बर की रात बारह बजे पूल पर परिचालन रोक दिया जायेगा प्रशासन ने लोगों से इस दौरान वैकल्पिक मार्गो का इस्तेमाल करने की अपील की है उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर और नई दिल्ली के बीच टंडला स्टेशन पर निर्माण कार्य की वजह से इस खंड से गूजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है राजेन्द्र नगर अजमेर म्रजफ्फरपुर अहमदाबाद मालदा नई दिल्ली सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन समेत कई ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा पटना में कल से तेरह सितम्बर तक बड़े पैमाने पर वाहन जांच अभियान चलाया जायेगा इस दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में दो सौ पूलिस जवानों के साथ ट्रैफिक प्रलिस के अधिकारी परिवहन विभाग के एमवीआई और इएसआई वाहनों की जांच करेंगे बिना ड्राईविंग लाईसेंस बिना हेलमेट बिना परमिट गाड़ी चलाने शराब पीकर गाड़ी चलाने और खतरनाक ड्राईविंग करने समेत अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से ऑन स्पॉट जूर्माना वसूला जायेगा पटना पूलिस ने दो अपहतों को बरामद करने के साथ ही चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है पकड़े गये अपराधियों के पास से तीन मोटरसाईकिल आठ मोबाईल और साढे ग्यारह हजार रूपये नकद बरामद किये गये हैं पटना में खेली जा रही राज्य जुनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज खेला जायेगा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दानापुर के जगजीवन स्टेडियम में आयोजित बिहार सीनियर टीम के चयन सह प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन नब्बे खिलाड़ियों ने भाग लिया आज शिविर का दूसरा दिन है अत्याध्रनिक सुविधाओं से युक्त देश की स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन बंदे भारत पटना से कोलकाता और नई दिल्ली के लिए भी चलायी जायेगी मिशन रफ्तार के तहत गया नई दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेन चलाने की मंजूरी के बाद अब पटना हावड़ा रूट पर भी रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना में मेट्रो के परिचालन से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर प्रमूखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने लिखा है ख्शखबरी तीन साल में दौड़ने लगेगी अपनी मेट्रो दैनिक जागरण लिखता है अब जीएसटी रिफंड के लिए होगा सिंगल विंडो अखबार की एक अन्य खबर है चंदामामा के और निकट पहुंच गया विक्रम दैनिक भास्कर ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल हरि के वक्तव्य को प्रमुखता देते हये लिखा है एयरस्ट्राइक की रात बारह बजे घर जाकर बर्थडे केक काटा ताकि शक न हो फिर कंट्रोल रूम आकर मिशन पूरा किया

और समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा